मुजफ्फरपुर बालिका गृह की आठ किशोरियों को इकतीस अक्टूबर को उनके अभिभावकों को सौंप दिया जायेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है इन किशोरियों के माता पिता ने इन्हें अपने साथ रखने पर सहमति जतायी है अभी ये सभी मोकामा स्थित बालिका गृह में रह रही हैं बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अन्तर्गत मचहा गांव में अपराधियों ने देर रात एक ही परिवार के तीन लोगों की गोलीमार कर हत्या कर दी मृतकों में दम्पति और उनकी बेटी शामिल है पुलिस ने बताया कि पूर्व से चले आ रहे विवाद में घटना को अंजाम दिया गया इधर सीवान जिले के महादेव पुलिस चौकी क्षेत्र में अपराधियों ने ज़ुआ खेलने के समय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रैक्टिकल कक्षाओं की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है शिक्षण अवधि के दौरान प्रयोगशालाओं में छात्रों को कितने दिन प्रैक्टिकल करवाया गया इसकी जानकारी हर माह कुलाधिपति कार्यालय को देनी होगी विश्वविद्यालयों को जारी पत्र में कहा गया है कि इसका उद्देश्य छात्रों को प्रायोगिक जानकारी उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षण अभिरूचि में वृद्धि करना है ट्रेनों का परिचालन समय पर करने के मामले में दानापूर रेलमंडल पूरे देश में पहले स्थान पर आया है डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकूर ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि दानापुर मंडल का समय पालन इक्यानवे दशमलव आठ चार प्रतिशत रहा है मंडल में एक सौ सैंतालीस एक्सप्रेस और एक सौ सत्तावन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है श्री ठाकुर ने बताया कि ट्रेनों के परिचालन समय में सुधार के लिए कई कदम उठाये गये है हरेक स्तर पर अधिकारियों और कर्मियों की जिम्मेवारी तय की गयी है प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण चार हजार तीन सौ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं सबसे अधिक मधुबनी जिले में पांच सौ उनतीस सड़कों को नुकसान हुआ है पूर्वी चम्पारण में चार सौ चार दरभंगा में तीन सौ बयासी अररिया में तीन सौ पांच सीतामढ़ी में दो सौ छियासी पूर्णियां में दो सौ छत्तीस कटिहार में दो सौ बत्तीस किशनगंज में दो सौ तेईस भागलपुर में एक सौ पचास और पटना में एक सौ बीस सड़के क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके अलावा मुजफ्फरपुर सहरसा शिवहर सुपौल पश्चिम चम्पारण वैशाली मुंगेर खगड़िया समस्तीपुर और मधेपुरा में भी बड़े पैमाने पर सड़कों को नुकसान हुआ है प्रदेश के हरेक जिले में स्थायी हेलीपैड का निर्माण करवाया जायेगा भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि समय समय पर अस्थायी हेलीपैडों का निर्माण करवाना पड़ता है जिससे राशि का दुरूपयोग होता है और इसके निर्माण में भी कई प्रकार की खामियां रह जाती हैं श्री कुमार ने जिलाधिकारियों से हेलीपैड के निर्माण के लिए तत्काल जमीन की पहचान कर इसकी सूचना मुख्यालय को देने का निर्देश दिया है चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेशभर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है अधिकतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है जिस कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आसमान से बादल छंट जायेंगे और धूप खिली रहेगी हालांकि हवा में नमी की अधिकता होने के कारण तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहने की सम्भावना है लौह प्रुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं इकतीस अक्तूबर को देश के सात सौ से भी अधिक जिलों के लाखों लोग पटेल जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे

पटना में यह दौड़ सुबह सात बजे राजभवन गोलम्बर से शुरू होगी और राजधानी वाटिका तक जायेगी गोवर्धन प्रजा का त्योहार आज प्रे प्रदेश में ध्रमधाम से मनाया जा रहा है इस अवसर पर पशुपालक गायों की पूजा करते हैं इसके साथ ही पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है दीपावली के सम्पन्न होने के साथ ही राज्य भर में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ घाटों की साफ सफाई में प्रशासन छठ समितियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता जुट गये हैं पटना में गंगा घाटों के निर्माण और साफ सफाई को लेकर नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम प्ररी सतर्कता बरत रहा है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घाटों तालाबों और उनके सम्पर्क पथों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके साथ ही गंगा घाटों तक जाने के लिए बनने वाली अस्थायी पुल पुलियों की जांच का भी निर्देश दिया गया है पटना जिला प्रशासन ने छठ को लेकर एक मोबाईल एप्प लांच किया है इसके माध्यम से व्रतियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी शेखप्रा में जिला प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के एक सौ छियालीस लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया इस अवसर पर लाभार्थियों के चेहरे पर प्रसन्नता देखी गयी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न स्थानों पर गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को घर की चाभी सौंपी गयी डाक विभाग ने समय पर रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टमैन मोबाईल एप की शुरूआत की है इस एप के माध्यम से पोस्टल सामग्रियों की ससमय निगरानी सम्भव हो सकेगी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों द्वारा छात्रों के लिए आयोजित किये जाने वाले शैक्षणिक भ्रमण के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बस और टूरिस्ट गाईड की सुविधा उपलब्ध करायेगा निगम के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तीस विद्यार्थियों पर एक गाईड की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ये गाईड सभी छात्रों को संबंधित जगहों के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करायेंगे पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में धनतेरस की रात एक आभूषण दुकान में हुई लूट और दुकानदार की हत्या के मामले में थानाध्यक्ष संजीत कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है अररिया जिले के सिकटी और कुर्साकांटा से एसएसबी के जवानों ने ढ़ाई सौ बोतल नेपाली शराब के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है मौके से एक वाहन भी जब्त किया गया है शेखपुरा जिला प्रशासन ने मतदाता सूची सत्यापन कार्य में लापरवाही बतरने वाले तिरपन बीएलओ से स्पष्टीकरण मांगा है कटिहार नगर थाना क्षेत्र के गौशाला में पुलिस ने छापेमारी कर रेल पुलिस के एक सहायक अवर निरीक्षक सहित नौ लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है औरंगाबाद जिले के फेसर रेलवे स्टेशन पर सियालदह जम्मू एक्सप्रेस ट्रेन से गिर जाने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी मृत युवक की पहचान गया जिले गुरूवावा गांव निवासी जय राम कुमार के रूप में की गयी है